बजट सत्र का आगाज़ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है ये बात आज उन्होंने शिमला में आशा वर्कर यूनियन व सिलाई कटाई और पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और भविष्य में भी उनकी मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा किसान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है

योजना के अन्तर्गत दो हजार रूपये की तीन किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपये किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जाते हैं अब तक आठ करोड छियालीस लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है यह योजना केन्द्र सरकार के शत प्रतिशत सहयोग से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप लागू की जा रही है

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में व्यापक विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे वे आज धर्मशाला में विभिन्न कार्यो की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे किशन कपूर ने अधिकारियों को धर्मशाला शहीद स्मारक और युद्ध संग्रहालय के सौंदर्यीकरण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और पठानकोट मंडी फोरलेन के निर्माण के संबंध में अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियों को लेकर शिमला में आज प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हई इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए केरल के साथ जोड़ा गया है प्रधान सचिव ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का उचित अवसर प्रदान कर रहा है जिससे राष्ट्र निर्माण और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है उन्होंने संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए

पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नड़डा का यह पहला हिमाचल दौरा है इस मौके पर प्रदेश भाजपा द्वारा सोलन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सोलन के ठोडो मैदान में तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्त्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि समारोह में शिमला लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं सहित पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे किसान मेला मुदा स्वास्थ्य कार्ड आदर्श गांव योजना के तहत हमीरपुर ज़िला में सुजानपुर विकास खंड के खरसाल में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे मेलों से किसानों को जहां कृषि संबंधी जानकारी गांव के स्तर पर ही मिलती है वहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी घर द्वार पर ही होता है